लॉकडाउन दिशा निर्देशों में ढील देते हुए गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है कि सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को इसके लिए नोडल प्राधिकारी नियुक्त करने होंगे और ऐसे व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए मानक नियम बनाने होंगे यदि फंसे हुए व्यक्तियों के समूह को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाना हो तो दोनों राज्य आपसी सहमति से ऐसा कर सकते हैं इन सभी व्यक्तियों की स्कैनिंग की जानी चाहिए और बिना संकमण वाले व्यक्तियों को ही जाने की इजाजत उन्हें देनी चाहिए फंसे हुए लोगों को बसों के द्वारा ही स्थानांतरित किया जा सकता है और बसों को प्रयोग से पहले सेनेटाइज करना होगा बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही व्यक्तियों को बैठाना होगा रास्ते में पड़ने वाले सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश इन व्यक्तियों को लाने ले जाने में सहयोग करेंगे गंतव्य पर पहुंचकर ऐसे सभी व्यक्तियों की स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच की जानी चाहिए कि इन्हें संस्थागत क्वारंटीन में रखना है या नहीं ऐसे व्यक्तियों की समय समय पर स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए और उन्हें आरोग्य सेतु एप का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे उनके स्वास्थ्य की निगरानी रखी जा सके

बून्दी के कागजी देवरा क्षेत्र की रहने वाली रामप्यारी प्रजापत मटकियां बेचकर अपना गुजारा करती है लॉकडाउन में मिली छूट से अब फिर से वो अपना काम कर पा रही है बूंदी में पंखे कूलर ठीक करने वाले सोहन सिंह ने लॉकडाउन में मिली छूट के निर्णय को राहत वाला निर्णय बताया

इन दोनों ही जिलों में मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियां शुरू हो गयी हैं

इधर यूरोप और लंदन में रह रहे राजस्थानियों द्वारा वहां पर जरूरतमंदों को रोजाना भोजन और रहने की व्यवस्था करने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उनका अभिनंदन किया है

इधर चूरू को मेडिकल कॉलेज में आज से कोरोना संकमण की जांच के लिए मशीन लगा लगाकर जांच का काम भी शुरू कर दिया गया है

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्म्ड बटालियन्स जंगा श्रीनिवास राव ने बताया कि सभी आर्म्ड बटालियन्स में नियुक्त चिकित्सकों को विशेष सतर्कता बरतने और सभी जवानों की समय समय पर स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं उन्होंने बताया कि सभी जवानों को मास्क और सेनेटाइजर्स उपलब्ध कराए गए हैं हॉटस्पॉट पर काम करने वाले जवानों को निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार हाइड्रोक्सी क्लोरो क्वीन दी गई है परकोटे में तैनात जवानों की स्क्रीनिंग के साथ ही उनके परिजनों की भी स्क्रीनिंग की गई है

उन्होंने राज्यों से ये भी कहा कि वे अपने अपने राज्यों में विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सुविधाएं प्रदान करें

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक सुनील मेहरचंदानी ने बताया कि परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है

इस वीडियो कान्फ्रेन्स के बाद आये सुझावों से राज्य की उच्च शिक्षा के लिए रोड मैप तैयार किया जायेगा

इस फोर्स ने समय समय पर वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से बैठकें कर वर्तमान में विश्वविद्यालयों में ई शिक्षण प्रशिक्षण और परीक्षाओं के संचालन पर अनुशंषाए तैयार की है

मुंबई के एक अस्पताल में आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इरफान खान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका निधन सिनेमा और रंगमंच की दुनिया के लिए बहत बडा नुकसान है राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इरफान खान के निधन पर दुख प्रकट किया और उन्हें बहुआयामी अभिनेता बताया चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने भी इरफान खान के निधन पर शोक जताया है इरफान खान को श्रेष्ठ अभिनय के लिए कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया उन्हें पान सिंह तोमर हिन्दी मीडियम पीकू तलवार लंच बॉक्स और मकबूल जैसी बेहतरीन फिल्मों में अदाकारी के लिए हमेशा याद किया जाएगा